रिजर्व बैंक ने कल मुंबई में इस बारे में सभी बैंकों के लिये अधिसूचना जारी की आरबीआई ने अपने परिपत्र में कहा है कि डिमांड ड्राफ्ट के जरिए धन के गलत इस्तेमाल के कई मामले सामने आए हैं इसलिए यह तय किया गया है कि डिमांड ड्राफ्ट पर उसे बनवाने वाले व्यक्ति का भी नाम हो डिमांड ड्राफ्ट के साथ साथ पे आर्डर और बैंकर चेक के लिए भी ये आदेश जारी किया गया है

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने अजंता गुफा लेह पैलेस और ताजमहल को छोड़कर केंद्र संरक्षित सभी स्मारकों और धरोहर स्थलों के अंदर फोटोग्राफी की अनुमति दे दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नये मुख्यालय धरोहर भवन के उदघाटन अवसर पर पर्यटकों को धरोहर स्थलों और स्मारकों में चित्र लेने कीँ अनुमति नहीं होने पर आर्श्य्य प्रकट किया था केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री की सोच और मार्गदर्शन से प्रेरित होकर फोटोग्राफी की अनुमति देने का फैसला किया गया है रेलवे ने पहली समेकित पुल प्रबंधन प्रणाली शुरु कर दी है इस वेब सक्षम सूचना प्रौद्योगिकी एप में एक लाख पचास हजार रेलवे पुलों से संबंधित आंकड़ों का संग्रह हो सकेगा इस एप में पुलों की क्षमता और कार्य से जुड़े आकड़े और रखरखाव संबंधी सूचना तथा अन्य जरूरी बाते दर्शायी जाएगी रेल मंत्री पीयुष गोयल ने कल रेलवे स्टेशनों की सौंदर्यकरण प्रतियोगिता के पुरस्कार भी वितरित किए

मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने मुकट बिहारी मीना के शहीद होने पर संवेदना व्यक्त की है मुख्यमंत्री ने अपने संवेदना संदेश में कहा कि उन्होंने देश के लिए शहादत देकर अपने परिवार के साथ ही पूरे प्रदेश और देश का सिर गर्व से ऊंचा किया है

बाल अपचारियों के फरार होने की सूचना पर सेवर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली

प्रदेश में कल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के सदस्य सचिव एस के जैन ने बताया कि इस लोक अदालत में न्यायालय में लम्बित सभी तरह के राजीनामा योग्य प्रकरणों और प्रीलिटीगेशन के मामलों की सुनवाई होगी उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय जोधपुर और जयपुर में नियमित लोक अदालत का आयोजन होगा

प्रदेष में कल और परसों होने वाली कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारियां पूरी कर ली गई है यह परीक्षा दोनो दिन दो दो पारियों में होगी ऑफ लाईन होने वाली इस परीक्षा में नकल रोकने के लिये व्यापक प्रबंध किये गये है परीक्षा के दौरान दोनो ही दिन परीक्षा केन्द्रों के पांच किलोमीटर के दायरे में इंटरनेट सेवा बंद रहेगी